रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आम लोगों के बाहर निकलने पर रहेगा प्रतिबंध राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि का सिलसिला जारी

और बेगूसराय जिले के बरौनी में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट से उत्पादन शुरू

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोन्द्र सरकार ने एक मई से अठारह वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण का फैसला किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ आज स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये फैसला किया गया स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि तीसरे चरण में व्यापक टीकाकरण के लिये नई रणनीति तैयार की गयी है साथ ही टीके की बर्बादी कम से कम करने पर भी राज्यों को दिशा निर्देश दिये गये हैं इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोविड से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिये सिलसिलेवार कई बैठकें की पहली बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ हुई जिसमें कोविड के वर्तमान हालातों की समीक्षा की गयी साथ ही इसमें टीकाकरण की स्थिति पर भी विचार विमर्श हुआ बाद में प्रधानमंत्री ने देश के प्रमुख चिकित्सकों के साथ विचार विमर्श किया इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई इसके बाद श्री मोदी ने देश की प्रमुख दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की इस बैठक में दवाओं के उत्पादन और इसकी आपूर्ति के बारे में मुख्य रूप से चर्चा हुई गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने शनिवार को भी कोविड की स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य में आज से रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा इस दौरान आम लोगों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा हालांकि आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू से छूट दी गयी है बाजारों और द्कानों को शाम छह बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद ये घोषणा की थी

आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को इस प्रतिबंध से छूट दी गयी है स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को पंद्रह मई तक बंद कर दिया गया है वहीं पंद्रह मई तक परीक्षाओं का आयोजन भी नहीं होगा हालांकि इस अवधि में विभिन्न आयोगों और पर्षद द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी सभी धार्मिक स्थल पंद्रह मई तक बंद रहेंगे वहीं इसी अवधि तक सिनेमा हॉल जिम और पार्क भी बंद रहेंगे रेस्तरां ढाबा और होटलों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी हालांकि टेक अवे और होम डिलिवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी सरकार ने सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों पर भी रोक लगा दी है अंतिम संस्कार में अधिकतम पच्चीस लोग और शादी तथा श्राद्व समारोहों में सौ लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी सभी जिलाधिकारियों को आवश्यकतानुसार धारा एक सौ चौवालीस लगाने और नई जगहों पर भीड़ भाड़ वाली बाजार लगाने के लिये अधिकृत किया गया है सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में निर्धारित क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के दो लाख तिहत्तर हजार आठ सौ दस नये मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल संक्रमितों की संख्या डेढ़ करोड़ के आंकड़ें को पार कर चुकी है कल एक हजार छह सौ उन्नीस लोगों की संक्रमण से मौत हुई वहीं एक लाख चौवालीस हजार से अधिक लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित पाये गये हैं उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान रिकॉर्ड आठ हजार छह सौ नब्बे पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है यह एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है पटना से सबसे अधिक दो हजार दो सौ नब्बे मामले सामने आये हैं गया से सात सौ तिरपन सारण से तीन सौ तेरासी भागलपुर से तीन सौ छिहत्तर औरंगाबाद से तीन सौ तिरपन सीवान से दो सौ अड़तालीस और पूर्वी चम्परण से दो सौ छियालीस मामले सामने आये है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक दिन में सत्ताईस मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार सात सौ उनचास हो गया है वहीं इसी अवधि में तीन हजार चार सौ साठ लोगों को उपचार के बाद छ्ट्टी दी गयी राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर पचासी दशमलव छह सात प्रतिशत है वर्तमान में चौवालीस हजार सात सौ मरीजों का उपचार चल रहा है एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने और पात्र लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की है

वहीं प्रदेश में टीका लेने वालों की क़्ल संख्या अंठावन लाख पंचानवे हजार से अधिक है कल चौरासी हजार चार सौ अठहत्तर लोगों का टीकाकरण किया गया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों से कोविड टीका लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए प्राथमिकता के आधार पर टीका लेना जरूरी है साउंड बाईट जैसे जैसे केसेज बढ़ रहे हैं हमलोगों को समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि वैक्सीन आपकी जान बचा सकता है अगर डरने की जरूरत है आप इस बीमारी से डरिए वैक्सीन से नहीं वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है अगर बाइचांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इनेफेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपके जो बीमारियां इतने डेवलप न हो कि आपको वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत पड़े इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड उन्नीस के नियंत्रण में राज्य सरकारों की सहायता के लिए दिन रात काम कर रही है उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों के माध्यम ऑक्सीजन सिलेंडरों और टैंकरों की आपूर्ति शुरू करने का फैसला लिया गया है एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री गोयल ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तेजी से आवाजाही और राज्यों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि नौ विशेष क्षेत्रों को छोड़कर अस्थायी उपाय के तौर पर बाईस अप्रैल से औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी श्री गोयल ने कहा कि इस कदम के जरिए अस्पतालों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा सकेगी बेगूसराय जिले के बरौनी में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट से उत्पादन शुरू हो गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्लांट से प्रतिदिन चार सौ अस्सी सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा जिससे राज्य भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जायेगी वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट काम करने लगा है इससे अस्पताल को पैंतालीस सिलेंडर ऑक्सीजन प्रतिदिन उपलब्ध हो सकेगा जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि डीएमसीएच में पच्चीस वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है उन्होंने बताया कि कल तक ये वेंटिलेटर काम करने लगेंगे राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस से उत्पन्न स्थिति के मददेनजर आकस्मिकता निधि की राशि में बढ़ोतरी की है अब यह निधि आठ हजार सात सौ बत्तीस करोड़ रूपये की होगी यह व्यवस्था अगले साल तीस मार्च तक प्रभावी रहेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है साथ ही कैबिनेट ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नरेन्द्र नाथ को सेवा से बर्खास्त करने के फैसले पर भी मुहर लगायी मुजफ्फरपुर शहर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी द्वकानें सप्ताह में तीन दिन सोमवार से गुरूवार तक ही खुलेंगी प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारिक संघों को बीच हुई बातचीत में इस पर सहमति बनी साथ ही फल सब्जी जैसी दुकानें शाम चार बजे तक ही खोले रखने का फैसला किया गया बिहार विधान परिषद कार्यालय अब पच्चीस अप्रैल तक बंद रहेगा कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि एक और कर्मी की कोरोना से मौत के बाद ये फैसला किया गया है गौरतलब है कि इससे पूर्व विधानसभा को अठारह अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया गया था राज्य के पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी का आज तड़के पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वे कोविड से संक्रमित थे और उनका पिछले पांच दिनों से इलाज चल रहा था मेवालाल चौधरी जदय् विधायक थे और मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुये थे राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्मयंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिनों के लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का आज समापन हो गया कोरोना के बढ़ते संकट के बीच इस बार छठ व्रतियों ने अपने घरों में ही अनुष्ठान किया इधर चैत्र नवरात्र के सातवें दिन आज माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज धूल भरी आंधी चली साथ ही अधिकतम तापमान में भी एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गयी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि कल से पछुआ हवा का प्रभाव कम होगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी

अगलगी की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के बरौना गांव के पास दो मोटरसाईकिल के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में दो भाईयों की मौत हो गयी भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियारपुर गांव में बालू खनन के दौरान बालू का धंसना गिर जाने से दो मजदूरों की मौत हो गयी सारण जिले के मशरख थाना क्षेत्र अंतर्गत छपिया गांव में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है एसटीएफ पटना की टीम ने बेगूसराय जिले के कुख्यात इनामी अपराधी राम भरोस सिंह को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया है उस पर सत्रह आपराधिक मामले दर्ज हैं रोहतास जिले में चलाये गये विशेष अभियान के तहत पुलिस ने दस अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किये गये हैं

रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आम लोगों के बाहर निकलने पर रहेगा प्रतिबंध राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि का सिलसिला जारी

और बेगूसराय जिले के बरौनी में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट से उत्पादन शुरू